मुख्यमंत्री ने कहा भाखड़ा बांध विस्थापितों के लिए भूमि संबंधी मामलों की विसंगतियां दूर करने के लिए दोबारा बंदोबस्त करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जयंती पर किया गया नमन मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ रहने से पिछले दिनों वर्षा व भूस्खलन से अवरूद्ध सड़क मार्गों और पेयजल योजनाओं को सुचारू बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी रहा केलंग से हमारे प्रतिनिधि कुंदन लाल ने बताया कि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में काजा समदो सड़क मार्ग आज छोटे वाहनों के लिए बहाल होने पर काजा में फंसे हुए लोगों को वाया किन्नौर निकाला जा रहा है जबकि छतड़ू में फंसे लोगों को मनाली की तरफ लाया जा रहा है

मनाली रोहतांग मार्ग पर मढ़ी के पास टैंकर के भूस्खलन की चपेट में आने से मनाली लेह मार्ग बंद हो गया है पिछले तीन दिनों से स्पिति में फंसे कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा को आज हेलिकॉप्टर के माध्यम से शिमला पहुंचाया गया इस दौरान उन्होंने स्पीति में बाढ़ से हुए नुक्सान का हवाई सर्वे भी किया

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक में आपदाग्रस्त राज्यों को केंद्रीय सहायता देने की मंजूरी दी गयी गृहमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए हरसंभव उपाय करने और बाढ़ पीड़ितों को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिए प्रश्नकाल मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि भाखड़ा बांध विस्थापितों के लिए भूमि संबंधी मामलों की विसंगतियां दूर करने के लिए दोबारा बंदोबस्त करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान झंडुता के विधायक जीतराम कटवाल के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावितों को बसाने के लिए कोई रास्ता निकालेगी और इसे लेकर राजस्व विभाग की देखरेख में कमेटी का गठन किया जाएगा ये कमेटी एक माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक निशान और एक संविधान लागू हो गया है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और तिरंगे का अपमान करना अपराध होगा जयराम ठाकुर ने कहा कि लद्दाख को केन्द्र शासित राज्य का दर्जा मिलने से वहां के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है उन्होंने कहा कि इस निर्णय से वहां विकास की गति तेज़ होगी और लोगों को विकास व रोज़गार के बेहतर अवसर मिलेंगे हंगामा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने ऊना घटना की जांच सीआईडी को सौंपने की पेशकश की है इस मुद्दे पर विपक्ष मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में ऊना के पुलिस अधीक्षक को हटाने की अपनी मांग पर अड़ा रहा और सदन में जोरदार हंगामा किया सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी सीट पर खड़े होकर कहा कि ऊना की घटना की जांच के अलावा पुलिस अधीक्षक को हटाया जाना चाहिए

इस पर विपक्ष ने उनके इस प्रस्ताव को दुकरा दिया काफी देर तक इस बात पर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई और बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की विपक्ष ने सदन में हंगामें के बाद वॉकआउट किया विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री विधायक सतपाल सिंह रायजादा और माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि विधायक के सुरक्षा कर्मियों को कथित फर्जी मामले में फंसाना दुर्भाग्यपूर्ण है

उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की आपदाओं से और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उपमंडल स्तर पर अधिकारियों को सेटेलाइट फोन दिए जाएंगे

इससे पूर्व चर्चा में भाजपा के कर्नल इंद्र सिंह राकेश पठानिया विक्रम जरियाल और राजेंद्र गर्ग परमजीत सिंह पम्मी कमलेश कुमारी व माकपा के राकेश सिंघा और निर्दलीय होशियार सिंह ने भी हिस्सा लिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्वांजलि अर्पित की है इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर विधायकगण और अन्य गणमान्य लोगें ने भी पुष्प अर्पित कर स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्वांजलि अर्पित की प्रदेश कांग्रेस ने भी भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी को जयंती पर याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए इस अवसर पर शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की वक्ताओं ने राजीव गांधी द्वारा आधुनिक भारत के निर्माण में दिए गए योगदान को भी याद किया प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इस उपलक्ष्य में श्रद्वांजलि कार्यक्रम आयोजित कर अधिकारियों व कर्मचारियों को सद्भावना दिवस की शपथ भी दिलाई गई रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि केन्द्र व प्रदेश सरकार युवा वर्ग के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुअवसर मिला है

भाजपा प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पर माफिया पर संरक्षण देने को आरोप लगाया है पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा उपाध्यक्ष रूपा शर्मा और गणेश दत्त सहित अन्य नेताओं ने शिमला से जारी एक संयुक्त वक्तव्य में कहा है कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा विधानसभा में माफिया को बचाने का मुद्दा उठाना निंदनीय है भाजपा नेताओं ने कहा कि विपक्ष को ऊना में घटित माफिया का बचाव करने के बजाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के विषय को उठाना चाहिए था इन नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ड्रग चिट्टा खनन और भू माफिया को संरक्षण दिया है जो सारे प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय बन गया है